आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जारी बजट को मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक कहा बजट में पहाड़ मैदान गरीब पलायन रोकथाम पर्यटन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कल्पगंगा नदी पर बनी इस परियोजना को पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर बताया

साथ ही स्थानीय बेरोजगार युवकों को इस परियोजना से रोजगार भी मिलेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की आपार सम्भावनाऐं है तथा छोटी छोटी जल विद्यत परियोजनाओं से जल शक्ति का पूरा सदुपयोग हो सकता है इसके बाद मुख्यमंत्री ने पीपलकोटी में ही स्वामी विवेकानंद चैरिटेवल ट्रस्ट द्वारा बनाये गये चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा तथा स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य हित में यह चिकित्सालय एक लाभाकारी स्वास्थ्य केन्द्र साबित होगा

उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जारी बजट में पहाड़ से मैदान किसान से मजदूर और पर्यटन से लेकर पलायन रोकने तक का ख्याल रखा गया है उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति सरकार गंभीर हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार आम जनता की राय और सुझावों को लेकर बजट बनाया गया है उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि उन्हें जनता की ओर से दो हजार से भी ज्यादा बजट बनाने के सुझाव दिए गए श्री रावत ने एक स्वस्थ समावेशी बजट पेश करने के लिए वित्तमंत्री प्रकाश पन्त को बधाई दी उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ने बजट में जो भी संकल्प लिए हैं उनको पूरा करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट में नया कुछ भी नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है उन्होंने कहा बजट का आकार बढ़ाया गया है परन्तु आय के स्रोत नहीं बताये गये

चौथे दिन की शुरूआत मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के अनुसूचित प्रश्नों में सहकारिता के सवाल के साथ हुई इसके बाद निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने भी सहकारिता और डेरी विभाग से जुड़े सवाल उठाए तारांकित प्रश्नों की शुरुआत भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पेयजल से जुड़े सवाल से हुई

पेयजल शिक्षा को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ही तरफ से विधायकों ने सबसे अधिक सवाल उठाए विधायकों के सवालों का विभागीय मंत्रियों ने जवाब दिया

इसका उपयोग सेना भी करेगी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेश के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है प्राप्त जानकारी के अनुसार पंतनगर एयरपोर्ट से लगी हुई हल्दी और सैनिक फार्म पथरचट्टा की भूमि का सर्वे किया गया है जिलाधिकारी नीरज खैरवाल का कहना है की एयरपोर्ट बनाने के लिए भूमि के चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टिकोण से हवाई अड्डे का बहत महत्व है पर्यटन के लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण है

इसका उद्देश्य पोषण सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करना है कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कल नई दिल्ली में अपने मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में यह जानकारी दी कृषि मंत्री ने कहा कि लोगों के खानपान में बदलाव और मोटे अनाजों की कमी के कारण इनकी खेती में गिरावट आई है

बजट सत्र में संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सरकार मानदेय संशोधन का फार्मूला तैयार कर रही है अगली कैबिनेट में इसे लाया जाएगा दोपहर को काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस मुददे को उठाया

उन्होंने कहा कि समान कार्य और समान वेतन की अवधारणा के अनुसार सरकार को उनका वेतन बढ़ाना चाहिए इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि उपनल कर्मियों को लेकर सरकार काफी गंभीर है उनके मानदेय संशोधन का फार्मूला तैयार हो रहा है उन्होंने बताया कि देहरादून में हुई पिछली कैबिनेट बैठक में भी उस पर चर्चा हो चुकी है लेकिन उसे अभी और दुरुस्त किया जा रहा है श्री पंत ने सरकार की ओर से विश्वास दिलाया कि आने वाली अगली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाएगी श्रद्वांजलि कृतज्ञ राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है

उन्हें निर्धारित तिथि से एक दिन पहले फांसी दी गई शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि हर एक भारतीय को इन महान सपूतों पर गर्व है उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान के कारण ही लोग आजादी और आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं प्रदेश में भी विभिन्न संगठनों द्वारा शहीदी दिवस के अवसर पर भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए

इसी दिन गंगोत्री धाम के कपाट भी खुलने हैं आज यमुना जयंती के शुभ अवसर पर यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया

वहीं गंगोत्री धाम के कपाट भी इसी दिन सवा एक बजे खुलने हैं जवाब नैनीताल उच्च न्यायालय ने मरचूला भिकियासैंण राजमार्ग का मलबा रामगंगा नदी में प्रवाहित किये जाने के मामले पर राज्य सरकार तथा राजमार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है मामले की सुनवाई करते हए मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ तथा न्यायमूर्ति शरत कुमार शर्मा की खंडपीठ ने राजमार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि वह मलबा ठिकाने लगाने को लेकर स्पष्ट रिपोर्ट खंडपीठ के समक्ष पेश करे

याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि मलबा ठिकाने लगाने के लिये आठ डंपिंग जोन निर्धारित किए गए हैं लेकिन मलबे को डंपिंग जोन में ठिकाने लगाने के बजाय रामगंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि निविदा की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है और इससे रामगंगा नदी को भारी नुकसान पहुंच रहा है ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस द्वारा संचालित डीएलएड़ कोर्स में परीक्षा फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि है

एनआईओएस के क्षेत्रीय निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि कुछ प्रशिक्ष् विभिन्न कारणों से परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे